हरियाणा को बैस्ट स्टेट इन हेल्थ और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का स्कॉच अवार्ड मिला

प्रधानमंत्री आज व्यावसायिक एवं फ्र्तीले स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काम करने सम्बधी विषय पर आयोजित वेबीनार को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि भारत के स्वास्थ्य संभाल प्रणाली में विश्वास एवं इसका रूतवा दुनिया में नये स्तर पर पहंच गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में स्वीकृत की गई राशि सरकार की प्रत्येक देशवासी के बेतहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबदधता को दर्शाती है उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सम्बधी मामलों को समग्र दृष्टि से देखती है और देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्विधायें मुंहैया करवाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाकर संगठित पहंच अपना रही है

पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना बारे बात करते हये श्री मोदी ने कहा कि इससे शोध जांच एवं इलाज पर केन्द्रित होकर देश में स्वास्थ्य स्विधायें कायम करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोगों को स्वस्थ्य रखने के लिए चार मोर्चो पर मिलजुल कर काम कर रहा है उन्होंने कहा कि पहला मोर्चा बीमारी से बचने और स्वस्थता को प्रोत्साहित करने बारे और दूसर मोर्चा गरीबों को स्वस्थता व प्रभावी इलाज मुहैया करवाने के बारे में है श्री मोदी ने कहा कि तीसरे मोर्चे में स्वास्थ्य सम्बधी मूलभूत संरचना एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों की संख्या और गणवता में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि चौथा मोर्चा सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मिशन की तरह कार्य कर रहा है

केन्द्र सरकार ने उस दावे का खंडन किया है जिसमे कहा गया है उपभोक्ता प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत एक से दो लाख रूपये रूपये के कर्ज के लिए आवदेन कर सकते है

प्लिस महानिदेशक कारागार के सेल्वराज ने बताया कि कैदियो की वापसी नौ चरणों में होगी उन्होंने बताया कि कैदी के परिवार के दो सदस्यों को पहली मार्च से म्लाकात की अन्मति दी जायेगी और म्लकात करने वाले पारिवारिक सदस्यों को कोविड सम्बधी सभी निममों का पालन करना होगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्य सोमवार से श्क्रवार चार दिन ही कैदी से मुलाकात कर सकेंगे और अधिवक्ताओं के मिलने के लिए शनिवार का दिना निश्चित किया गया है एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री के सल्वराज ने बताया कि जेल रेडियो से कैदियो की मनोवृति में काफी बदलाव आया है और साकारात्क विचार पैदा हो रहे है उन्होंने बताया कि पानीपत और फरीदाबाद जेल में रेडियो स्टेशन की श्रूआत हो च्की है और जल्द ही अम्बाला में भी इसकी श्रूआत की जायेगी कोविड टीकाकरण पर उन्होंने कहा कि उन्होंने वैक्सीन ली है और इसका कोई द्ष्प्रभाव सामने नहीं आया महानिदशक कारागार ने लोगों से अपील की कि वे वे अफवाहों ने भ्रमित न हो और मौका मिलने पर वे कोविड का टीका अवश्य लगवाये

हरियाणा को बैस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड दिया गया है इसके साथ ही बतौर स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है प्रदेश तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट पहल करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है श्री अनिल विज ने कहा कि यह प्रस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है और यह सभी के प्रयासों से ही संभव हआ है विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव राजीव अरोड़ा आय्ष विभाग के निदेशक श्री प्रभजोत सिंह तथा स्वास्थ्य महानिदेशक श्री स्रजभान कम्बोज ने इन स्कॉच प्रस्कारों के प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भेंट करने के बाद बताया कि स्कॉच नामक निजी संस्था दवारा देशभर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यो पर अन्संधान एवं मूल्याकन किया गया जिसमें पाया गया कि हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रर्दशन किया है जबकि कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार कृषि कानूनों में संशोधन व बातचीत से इसका हल निकालने को तैयार है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं केवल कांग्रेस को फायदा होगा साथ ही उन्होंने फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को भी गलत बताया और कहा कि यह अन्न का अपमान है कृषि मंत्री ने भिवनी में किसान आंदोलन में सहित कई मुद्दो पर अपनी राय रखी हरियाणा में सिंचाई के पानी की कमी पर उन्होंने कहा कि सतल्त यम्ना लिंक नहर ही हरियाणा में पानी की इस कमी को पूरा कर सकती है ऐसे में सरकार सतल्त यम्ना लिक नहर के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें किसानों को भी सहयोग करना चाहिए

वन्य प्रणाली विभाग के जिला निरीक्षक सुनील तंवर ने बताया कि लगभग दो फीट ऊंचा यह हिरण कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है और झूंड से अलग रहना पसंद करता है